किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कल केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से नई दिल्ली में मुलाकात की श्री तोमर ने कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए किसानों का धन्यवाद किया संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों ने कानूनों को समझ लिया है और उनके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किये हैं यह किसानों का तीसरा प्रतिनिधिमंडल है जिसने श्री तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया है इससे पहले हरियाणा के किसानों के दो प्रतिनिधिमंडलों ने श्री तोमर से मुलाकात कर नये कृषि कानूनों के प्रति समर्थन जताया था कृषि कानन जागरुकता कृषि कानून के समर्थन में भाजपा दवारा कल से प्रदेश में दो दिन तक किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे संभाग स्तर पर होने वाले इन किसान सम्मेलनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष विष्ण्दत शर्मा सहित केन्द्रीय मंत्रीगण और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी संबोधित करेंगे

भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा किसानों से मुखातिब होंगे भाजपा विधायक गिरीश गौतम ने भी आज सतना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान उन्होंने किसानों को भरोस दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म नहीं होगी कटनी में विधायक संजय पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि बिल को किसानों के हित में बताया इस बीच मुरैना में आज न्क्कड़ सभा के जरिए भाजपा नेताओं ने किसान बिल की खुबियों से किसानों को रूबरू कराया

श्री चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य एक एक इंच खेती की जमीन को सिंचित करना है मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प में मध्यप्रदेश तत्पर है उन्होंने कहा कि गेंह खरीदी में मध्यप्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है इस मामले मे इस दौरान म्ख्यमंत्री ने आलीराजप्र के सेजगाव निवासी कृषक वीरेंद्र सिंह पटेल और बैतूल जिले के स्रेश ब्वाड़े से चर्चा की

उन्होंने कहा कि नागरिकों में भी अपने सामाजिक दायित्व बोध जगाने की आवश्ययकता है तभी हम आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे उन्होंने वर्च्अल कॉनक्लेव के माध्यम से सम्मिलित हो रहे उद्योगपतियों से प्रदेश के विकास में ख्ले दिल से भागीदारी दर्ज कराने की अपील की

अनूपप्र जिले में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है लगातार हो रही जाचों में कोई संक्रमितों का न मिलना जिले के लोगों दवारा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दर्शता है

भोपाल सहित कई जिले पूरी तरह से कोहरे के आगोश में है

ठंडी हवाओं ने लोगों को कंपकपाने पर मजबूर कर दिया है कटनी और रायसेन में बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं क्योंकि मावठे की बारिश रवि फसलों के लिए लाभदायक बताई जा रही है मौसम विभाग के मुताबिक वातावरण में नमी कुछ कम होना शुरू होगी इससे दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने लगेगी साथ ही रात के तापमान में गिरावट होगी दो दिन बाद प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर कड़ाके की ठंड श्रू होने की संभावना है मौसम विभाग ने उज्जैनअशोकनगर ग्वालियर ग्ना छतरप्र रायसेन विदिशा भोपाल राजगढ़ जबलप्र होशंगाबाद और सीहोर जिले में घना कोहरा छाने की संभावना जताई है